मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल नई दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी और विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न केंद्रीय व राज्य योजनाओं के अलावा हिमाचल में इनकी उपलब्धियों से अवगत करवाया उन्होंने राज्य के विकास तथा आम लोगों के कल्याण के लिए इन्हें प्रभावी तरीके से लागू करने का आश्वासन दिया शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि अब केन्द्र व प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में है ऐसे में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं रखी जाएगी पालमपुर में उन्होंने कहा कि पठानकोट मंडी फोरलेन भूमि अधिग्रहण की प्रकिया शुरू हो रही है और क्षेत्र में रोप वे और चंबा में सीमेंट उद्योग स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है शांता कुमार ने कहा कि इन योजनाओं से युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन शहर की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए गिरी उठाऊ पेयजल योजना का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जाएगा वे आज नगर परिषद नाहन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे बिंदल ने कहा कि शहर में जलापूर्ति को सामान्य बनाए रखने के लिए खैरी और नेहरस्वार पेयजल योजना की ज़रूरी मुरम्मत कर इसकी क्षमता बढ़ाई गई है इस बीच राजीव बिंदल ने नाहन बस स्टेंड से आज पथ परिवहन निगम के प्रद्षण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहन राईड विद प्राइड को झण्डी दिखाकर रवाना किया वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में डायलिसिस सुविधा का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि इससे लोगों को इलाज के लिए ज़िले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके समय व धन की बचत भी होगी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस मौके कहा कि बीते चार वर्ष में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी कार्यकम में मौजूद रहे गौ सदन इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने कुटलैहड़ क्षेत्र के मुच्छाली में एक जनसभा में बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में बेसहारा गौ वंश संरक्षण के लिए एक एक काऊ सेंचरी स्थापित की जाएगी इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर ने पिछले चार वर्षों में केन्द्र द्वारा शुरू विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी

सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क की मजबूती पर ध्यान दे रही है

मंडी जिले में धर्मपुर क्षेत्र के संधोल में आज एक जनसभा में उन्होंने ये जानकारी दी और बताया कि क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं भी निर्मित की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक लोग नकदी फसलें उगा सकें पर्यटन हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाएंगे ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कल शाम शिमला में हुए ट्रेवल ट्रेड शो में कही उन्होंने बताया कि हिमाचल में अनेक शक्तिपीठ हैं और ऐसे में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि संयुक्त पर्यटन बढ़ने से जहां रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी वहीं लोगों को भी सुविधाएं मिलेंगी जम्मू कश्मीर की पर्यटन मंत्री प्रिया सेठी ने दोनो पहाड़ी राज्यों के बीच ठोस पर्यटन नीति बनाने की जरूरत बताई हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से दूरदराज ग्रामीण इलाकों के लोग लाभान्वित होते हैं चंबा जिले में चुराह के झज्जा कोठी में आयुर्वेद विभाग द्वारा आज लगाए चिकित्सा शिविर में उन्होंने यह बात कही हंसराज ने झज्जा कोठी में बैंक शाखा खोलने का आश्वासन भी दिया

पार्टी के राज्य सचिव ओंकार शाद ने कहा कि अगर इस संबंध कोई निर्णय लिया गया तो उसका विरोध किया जाएगा कानूनी सेवाएं ज़िला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण शिमला ने शहर के टका बैंच स्थित बुक कैफे में हैल्प डैस्क स्थापित किया है यहां दो पैरा लीगल वॉलेंटियर लोगों को कानूनी अधिकारों पर जागरूक करते हैं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने आज इसका दौरा किया और लोगों से चर्चा मी की ज़िला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह और सदस्य सचिव प्रेमपाल रांटा भी इस मौके मौजूद रहे होली होली पर्व को लेकर आज बाजारों में खूब रौनक रही लोगों ने होली को लेकर बाजारों में रंग व पिचकारियों की जमकर खरीददारी की रंगों का त्योहार होली मनाने को लेकर यूं तो हर वर्ण उत्साहित रहता है मगर युवाओं मैं इसके लिए उत्साह देखते ही बनता है कल मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर बाजारों में आज खूब रौनक रही लोगों ने जमकर लाल गुलाल खरीदा

इधर सुजानपुर के मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जिला प्रशासन और लोगों ने गुलाब बरसाकर होली खेली पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी इसमें शामिल हुए और कहा कि सुजानपुर की होली का अपना अलग ही महत्व है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांगड़ा जिले के सुलह ननाव स्थित अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं संग होली का आनंद उठाया

मौसम विभाग ने उंचाई वाले क्षेत्रों मे हिमपात व अन्य भागों में वर्षा का अनुमान लगाया है शिशु शर्मा शांतल आकाशवाणी समाचार शिमला बघाई होली राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को होली उत्सव की श्मकामनाएं दी हैं आचार्य देवव्रत ने आशा जताई कि रंगों का ये त्यौहार आपसी भाईचारे की भावना सुदृढ़ कर देश की एकता व अखंडता को मजबूती देगा जयराम ठाकुर ने कहा कि होली उत्सव से सामाजिक सौहार्द की भावना मजबूत होती है सांसद शांता कुमार ने भी लोगों को बघाई दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकूर सुखविंदर सिंह ने लोगों को बधाई देते हुए सभी की सुख समृद्धि की कामना की है होली कुल्लू इधर कुल्लू में होली का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं

शाम के समय लोग रघुनाथ मंदिर गए व उना पर गुलाल चढ़ाया तथा इसी के साथ यहाँ पर होली को मनाने की रस्म सम्पूर्ण हो जाती है रात के समय बेहड़े मे भगवान रघ्नाथ जी को उनके मंदिर से लाया जाएगा व होलिका दहन की रस्म पूरी की जाएगी कुल्लू मे होली का त्यौहार होलिका दहन से पहले मनाया जाता है तथा होलिका दहन को फाग के नाम से जाना जाता है फाग की रस्म पूरी होने के बाद यहाँ कोई भी रंगो से नही खेलता है

ज़िला भाषा अधिकारी कुसुम संघायिका ने बताया कि इसका उद्देश्य बंदियों को तनाव रहित वातावरण देना और पुलिस कर्मियों व बंदियों को साहित्य व संगीत से जोड़ना है

समाचार ऐजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के अनुसार घायलों को रामपुर व रोहडू के अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ज़िला प्रशासन को घायलों की हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए हैं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है इधर सिरमौर ज़िले में सगड़ाह के समीप बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हुआ है

चित्रकला स्वच्छ भारत मिशन के तहत चंबा में आज युवा भारत और स्वच्छ भारत विषय पर स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी व चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई चंबा से हमारे संवाद्दाता के अनुसार पदमश्री विजय शर्मा इस अवसर पर मुख्य अतिथि रहे विजय शर्मा ने कहा कि साहित्य संगीत और कला में बच्चों की प्रतिमा तलाशने की जरूरत है पटवारखाना किन्नौर ज़िले में कल्पा उपमंडल के शौंगठौंग में एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा ने आज पटवार वृत का उद्घाटन किया रिकांगपिओ से हमारे संवाद्दाता सीताराम नेगी के अनुसार इससे बारंग और मेबर पंचायत के लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्य करवाने की सुविधा मिलेगी